तेजपूर और गोहाटी स्थित एक्स सर्विसमैन कॉन्ट्रीब्यूट्री हेल्थ स्कीम केंद्र तक यात्रा करने में असमर्थ पूर्व सैनिको उनके विधवाओं और उनके अधिकृत आश्रितो के लिए यह स्कीम गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा उपलब्ध करायेगा भारत के मुख्य शहरों में एमपैनेल्ड सुपर स्पेसिलिटी अस्पताल में एक्स सर्विसमैनों के इलाज के लिए यह पॉलिक्लिनिक नॉडल पॉइंट की तरह काम करेगा पूर्व सैनिकों को विशेष सेवा मुहैया कराने के लिए तवांग और तेंगा सैन्य अस्पताल के मेडिकल और सर्जिकल विशेषज्ञ नियमित तौर पर इस पॉलिक्लिनिक पर आकर अपनी सेवा प्रदान करेंगी ईस्ट सियांग जिले के मेबो सब डिविजन स्थित रालिंग गांव को मेबो निर्वाचन क्षेत्र में सबसे साफ गांव के तौर पर चुना गया है पासीघाट में रविवार को हुए एक बैठक में मेबो विधायक सह मुख्यमंत्री के सलाहकार लोम्बो तायेंग ने इस बात की घोषणा की राज्य सरकार ने सबंध निर्वाचन क्षेत्र के सबसे साफ गांव के विकास के लिए सहायता प्रदान किया है वही श्री तायेंग ने भी दो लाख की नकद राशी रालिंग गांव को प्रदान किया कर उप्ताद शुल्क और नशीले पदार्थ विभाग ने प्रदेश के पांच अनुबद्ध माल गोदाम के लाइसेंस तत्काल प्रभाव से रद्द कर दिया है अधिकारिक रुप से जारी विज्ञप्ति के अनुसार राजधानी ईटानगर के चंद्रनगर स्थित लिओ एंटरप्राईजेस जयरामपुर स्थित सुप्रिम बियर बोन्डेड वेरहाउस भालुकपुंग के नोर्थ ईस्ट स्प्रीटस नाहरलगुन स्थित फाईव स्टार बियर बोन्डेड वेरहाउस और हापोलि के सुबनसिरी एसोसियेटस बिवरेजस के बोन्डेड वेरहाउस के लाईसेंस रद्द कर दिए गए है बकाया देय और उप्ताद शुल्क के नियमों और शर्तों के उलंघन किए जाने के कारण संबंद्व वेरहाउसों के लाइसेंस रद्द कर दिए गये है आयुष्मान भारत के मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंदूभूषण ने कहा है कि प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत स्वास्थ्य और बीमा क्षेत्र में दस लाख नौकरियों का सृजन होगा उद्योग परिंसंघ एसोचैम के एक कार्यक्रम में कल श्री भूषण ने कहा कि इस योजना से सरकारी और निजी दोनों क्षेत्रों में स्वास्थ्य सुविधाओं की गुणवत्ता में सुधार होगा उन्होंने बताया कि अन्य उभरती अर्थव्यवस्थाओं की तुलना में भारत में अब भी स्वाथ्य पर बहुत अधिक खर्च होता है प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के अंतर्गत गरीब और वंचित वर्गों के साढ़े दस करोड़ से अधिक परिवारों को उपचार के लिए पांच लाख़ रुपये सालाना का स्वास्थ्य बीमा दिया जाएगा

अपने संदेश में राज्यपाल ने कहा की दुर्गा पुजा और दशहरा बुराई पर अच्छाई की जीत को दर्शाता है आगामी रणजी ट्रॉफी मे भाग लेने के लिए प्रदेश क्रिकेट संघ ने राज्य के पंद्रह सदस्यी दल की घोषणा कर दी है प्रदेश पहला मैंच पहली नवंबर को मेघालय के खिलाफ खेलेंगे गौरतलब है कि अरुणाचल प्रदेश पहली बार रणजी ट्रॉफी में भाग ले रहे है उत्तरी आयरलैंड की एन्ना बर्न्स को उनके उपन्यास मिल्कमैन के लिए मैन बुकर पुरस्कार दिया जाएगा दो हजार तेरह के बाद यह पुरस्कार जीतने वाली वे पहली महिला लेखक हैं मिल्कमैन उपन्यास में उत्तरी आयरलैंड में तीस वर्ष की जातीय हिंसा की कहानी एक युवती की जुबानी है उपन्यास में मध्यम वर्ग की एक नर्स का संघर्ष चित्रित किया गया है जो अफवाहों सामाजिक और राजनीतिक दबावों से जूझती है ब्रिटेन के इस प्रतिष्ठित वार्षिक पुरस्कार के चयनकर्ताओं ने सुश्री बर्न्स के इस उपन्यास को बहुत ही विशिष्ठ बताया है केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री मेनका गांधी ने कहा है कि बाल यौन उत्पीड़न का शिकार व्यक्ति किसी भी समय शिकायत दायर कर सकता है चाहे उसकी मौजूदा आयु कुछ भी हो उन्होंने कहा कि ऐसे सभी मामलों की सूचना पॉक्सो ई बॉक्स के जरिए दी जा सकती है सुश्री मेनका गांधी ने कहा कि कई बार बच्चे इस प्रकार के अपराधों की शिकायत दायर नहीं करते क्योंकि अपराधी परिवार का ही कोई सदस्य रिश्तेदार या घनिष्ठ जानकार होता है उन्होंने बताया कि अध्ययन से पता चला है कि किसी भी बच्चे में यौन उत्पीड़न का सदमा बड़े लंबे समय तक रहता है सदमें से उबरने के लिए कई बड़ी उम्र के लोग भी अब खुलकर बचपन में अपने साथ हुए यौन उत्पीड़न की शिकायत के साथ सामने आ रहे हैं एक अधिकारिक विज्ञप्ति के अनुसार महिला और बाल विकास मंत्रालय ने हाल ही में इस मुद्दे पर कानून मंत्रालय से सलाह ली थी कानून मंत्रालय का विचार था कि पॉक्सो कानून दो हजार बारह में अपराध की शिकायत दर्ज करने के लिए कोई समय सीमा नहीं दी गई है बच्चों को यौन अपराधों से सुरक्षित रखने से संबंधित कानून पॉक्सों नवंबर दो हजार बारह में लागू हुआ था यह कानून बालक और बालिका दोनों पर लागू होता है और इसके तहत बच्चों को यौन उत्पीड़न और शोषण से सुरक्षित रखने के कानूनी प्रावधान किए गए हैं इस कानून में अट्ठारह वर्ष से कम आयु के किसी भी व्यक्ति को बच्चों के रुप में परिभाषित किया गया है और बच्चों को यौन उत्पीड़न यौन शोषण और अश्लील गतिविधियों से बचाने के प्रावधान शामिल हैं